मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में विटामिन ए और डी युक्त फोर्टिफाईड दूध हिमगौरी के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि पोषक तत्व युक्त फोर्टिफाईड दूध का इस्तेमाल विश्वभर में किया जाता है और सामान्य दूध की तुलना में इसके अनेक लाभ है यह गाय का ऐसा दूध है जिसमें अतिरिक्त विटामिन और खनिज होते है

इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कवर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और पशुपालन विभाग व डेयरी विकास किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जयराम इस बीच शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जुब्बड़हट्टी में अनोखी डाली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुटू सब्ज़ी मंडी के निर्माण कार्य में तेज़ी लाई जाएगी

जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक के कार्यकाल में सरकार ने सभी क्षेत्रों का संतुलित व समग्र विकास सुनिश्चित बनाया है इस अवसर पर विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रतिस्पर्धा के दौर में गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया है हमीरपुर रिथत तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हए उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय शैक्षणिक प्रबंधन कार्य प्रणाली अपनाना जरूरी है राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा व तकनीकी ज्ञान को देश व समाज के हित में प्रयोग करने की सलाह दी उन्होंने निःशुल्क ऑनलाईन पाठ्यक़मों व सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त फोरम और शिक्षण के तालमेल की ज़रूरत बताई राज्यपाल ने विद्यार्थियों से नवाचार पर काम करने और उद्यमिता की ओर बढ़ने का आहवान किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मौजूदा समय में तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि रोज़गार के नए अवसर सूजित हो सकें

बाद में राज्यपाल ने एक बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों को नई कृषि शिक्षा और जल नीति पर कार्य करने व ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए

उन्होंने राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जिनमें से कई चिटफंड उद्योग के कियान्वयन को आसान करने के अलावा चिट ग्राहकों के हितों की रक्षा करेंगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये विधेयक छोटे निवेशकों में आर्थिक सुरक्षा की भावना को बढ़ाएगा मुलाकात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से आज नई दिल्ली में मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच हिमाचल के विकास को लेकर लंबी चर्चा हुई इससे पहले वीरेन्द्र कवर ने केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र से उदार वित्तीय सहायता की मांग की अनुराग ठाकुर ने वीरेन्द्र कंवर को केन्द्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का आहवान किया है घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भराड़ी में ओपीडी भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दघोल के भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत्त है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में बेहतर ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल को पुरस्कृत किया गया है सरवीन चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नई योजनाएं आरंभ की गई है

सरवीण चौधरी ने इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन क्षेत्र में बनेठी चाकली पेयजल योजना पर करीब डेढ़ करोड़ की राशि खर्च की जाएगी

विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों के उन्नयन कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए

घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है

सभी मृतक नीरथ गांव के रहने वाले थे घायलों का भावा नगर अस्पताल में उपचार चल रहा है

ये बस जुन्गा से सिरमौर ज़िले के देवरियां बारात लेकर जा रही थी मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा का कम जारी रहा

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में भारी हिमपात के चलते अंदरूनी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है

किन्नौर ज़िले में भारी हिमपात के कारण आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे

कुल्लू जिले में जलोड़ी दर्रे पर हिमपात से बंजार आनी सड़क पर यातायात बंद हो गया हैं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हुई है